हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कल से एक सप्ताह के लिए पुर्ण लॉकडाउन की घोषणा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने वर्ष दो हजार पंद्रह से लंबित आयकर के मामलों को तीस सितंबर तक वैध कराने का दिया समय प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गिरिडीह में गैस पाइपलाइन का कार्य सितंबर तक होगा पूरा उपायुक्त ने प्रोजेक्ट में तेजी लाने के दिए निर्देश

आज राजधानी रांची में छह सहित राज्य में कृल पंद्रह नए कोरोना मरीज मिले हैं नए संक्रमितों में रांची के छह पूर्वी सिंहभूम के पांच और धनबाद हजारीबाग पलामू और रामगढ़ के एक एक मरीज शामिल हैं

जिनमें गोड्डा के पांच मरीज आज स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने वाले पांचों लोगों को आईटीआई सिकटिया स्थित क्वारंटीन सेंटर से घर भेजा गया हैं राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या दो हजार तीन सौ छप्पन है रोज नए मामलों के जुड़ने के साथ रिकवरी दर उनसठ दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गई है हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा जा रहा है इसकी जानकारी उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से दी

ऐसे में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी लग रहा है

यह कल से प्रभावी होगा वहीं पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि चौक चौराहों पर अधिकारियों के साथ सशस्त्र पुलिस को तैनात किया जाएगा सीमाएं सील रहेंगी उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जिन्हें भी कोरोना के कोई लक्षण है वे अपनी जांच करवा लें

कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गोड्डा ग्रामीण बैंक के मुख्य ब्रांच और गोड्डा इलाहाबाद बैंक की मुख्य शाखा को कल देर रात सील कर दिया गया है इससे पहले ग्रामीण बैंक के दो कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे वहीं गोड्डा के देवडार ग्रामीण बैंक में कार्यरत कैशियर को भी कोरोना संदिग्ध पाए जाने पर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है और इलाके के आसपास घेराबंदी कर दी गई है गोड्डा के आईडीबीआई बैंक में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है इस बैंक के कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इधर हजारीबाग के उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह की एक वर्षीय बेटी सहित आवास के चौदह कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इसी के साथ ही हजारीबाग में पिछले चौबीस घंटे के दौरान मिले नए कोरोना संक्रमितों की संख्या उनचालीस हो गई है उधर कोडरमा जिले में कल पुलिस के दो जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इसके अलावा कोडरमा एसडीओ कार्यालय के एक कर्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल दो सौ अठासी मामले सामने आए हैं जिनमें से एक सौ उनासी लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं जबकि दो संक्रमितों की मौत हो चुकी है झारखंड उच्च न्यायालय में आज किसी तरह का काम नहीं होगा उच्च न्यायालय से संबंधित एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से कल भी उच्च न्यायालय में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ वहीं पूरे परिसर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया कल शुरू कर दी गई एक न्यायाधीश के हाउस गार्ड के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उच्च न्यायालय के सभी कार्य निलंबित कर दिये गये है हालांकि लॉकडाउन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही मामलों की सुनवाई की जा रही थी इससे पहले दाखिल होने वाली याचिकाओं के लंबित होने की वजह से आज तक के लिए याचिका दाखिल करने पर रोक लगाई गई है

मुख्य सचिव ने दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति को क्वारटिन की अवधि पूरा किए बगैर बाहर नहीं निकलने का निर्देश दिया है श्री सिंह ने सभी उपायुक्तों से जिले के सीमा पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है इसके साथ ही लॉकडाउन की पाबंदियों का सख्ती से अनुपालन कराने का आदेश दिया है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

आयकर विभाग ने कल साल दो हजार पंद्रह सोलह से लेकर दो हजार उन्नीस बीस तक के लंबित आयकर रिटर्न के लिए विशेष अभियान शुरू किया है विभाग के मुताबिक जिन लोगों ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल किया था लेकिन रिटर्न भरने के एक सौ बीस दिन तक हार्डकॉपी साइन करके बेंगलुरू नहीं भेज पाए या जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वैसे रिटर्न अमान्य हो जाते हैं ऐसे मामलों में न आयकर रिटर्न स्वीकार किया जाता है और न ही रिफंड जारी होता है लोगों की इन परेशानी को देखते हुए आयकर विभाग ने यह अभियान शुरू किया है आदिवासी मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची के एचईसी की समस्याओं और इस पुनजीर्वित करने के मुददे पर कल भारी उर्द्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की श्री जावेड़कर ने एचईसी की जल्द समीक्षा का आश्वासन दिया प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गिरिडीह जिले में बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन का कार्य सितंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है इसे लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के बगोदर प्रखंड अंतर्गत बगोदर जरमुने और सोनत्रपी गांव में योजना के तहत बिछाई जा रही गेल इंडिया गैस पाइपलाइन का निरीक्षण किया और काम की तेजी मे आ रही रुकावट को दूर किया

चतरा जिले के टंडवा स्थित मगध आम्रपाली कोल परियोजना में ट्रांसपोर्टरों और कोल व्यवसायियों से शांति संचालन कमिटी के माध्यम से लेवी वसूलने के आरोपी अर्जुन गंझू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है एसडीपीओ आशुतोष सत्यम ने कल शाम बताया कि गिरफ्तार नक्सली अर्जुन टीएसपीसी नक्सली संगठन के रिजनल कमांडर आक्रमण गंझू का सहयोगी था अर्जुन की तलाश टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी लंबे अरसे से कर रही थी अर्जुन के विरुद्व जिले के विभिन्न थानों में नक्सल गतिविधियों में शामिल रहने आर्म्स लूट मारपीट हत्या समेत अन्य नक्सल मामले दर्ज हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सड़क निर्माण में उपयोग में आने वाली भारी मशीनें मोटर वाहन नहीं हैं और वे मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे इन मशीनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस पर जोर न दें

झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है राजधानी रांची दुमका पाकुड़ सहित राज्य के कई जिलों में पिछले चौबीस घंटे के दौरान अच्छी बारिश हई है मौसम विभाग ने कल तक राज्य में वजपात के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है उधर दुमका जिले में इस साल मॉनसून में अच्छी बारिश हो रही है

हाथी का शव बेतला महआडांड मुख्य मार्ग के किनारे जंगलों में मिला

वन विभाग के वरीय अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही कारणों का खुलासा हो पायेगा राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान वज्रपात से बारह लोगों की मौत हो गई मरने वालों में पलामू के तीन रांची गुमला और गिरिडीह के दो दो खूंटी लोहरदगा और धनबाद के एक एक लोग शामिल हैं